मतगणना प्रशिक्षण प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान संपन्न हो जाने के बाद अब मतगणना की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं प्रत्येक जिला मुख्यालय में ग्यारह दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए अधिकारियों सहित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मास्टर ट्रेनर और उप जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके तहत कल दुर्ग जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया इसमें दुर्ग बेमेतरा और कबीरधाम जिले के अधिकारी शामिल हुए मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों को खोलने और गणना अभिकर्ता की नियुक्ति जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया इसके अलावा अंतिम परिणाम पत्र बनाने और निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी करने जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी जानकारी दी गई वहीं मतगणना के दौरान रखी जाने वाली विशेष सावधानियों के बारे में भी अधिकारियों को बताया गया गौरतलब है कि मतगणना संबंधी यह प्रशिक्षण बीते चौबीस नवंबर को राजनांदगांव से शुरू हो चुका है इसी कड़ी में दुर्ग संभाग में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनतीस नवंबर को रायपुर में अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा इसमें रायपुर गरियाबंद और बलौदाबाजार जिले के अधिकारी शामिल होंगे मध्यप्रदेश चुनाव मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा मध्यप्रदेश में दो सौ तीस सीटों पर मतदान होना है इसके लिए पैंसठ हजार तीन सौ इकतालीस मतदान केन्द्र और छब्बीस सहायक केन्द्र बनाए गए हैं मध्यप्रदेश में पांच करोड़ चार लाख तैंतीस हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की मतगणना ग्यारह दिसंबर को होगी पीएल पुनिया दौरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया कल राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं सभी विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस प्रत्याशियों और सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक लेंगे बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल कांग्रेस विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल होंगे इसके अलावा इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे

जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि इन्ग्म गांव में माओवादियों ने स्थानीय सरपंच के चचेरे भाई को बीते रविवार उसके घर से अगवा कर लिया था कल सुबह इस व्यक्ति का शव बरामद किया गया वहीं इसी जिले में आवापल्ली और बासागुड़ा के बीच सुरक्षा बलों ने पांच पांच किलो के दो बम बरामद किए हैं श्री पटेल ने बताया कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों के जवान गश्त पर निकले थे इसी दौरान तिम्मापुर के पास इन बमों को बरामद किया गया जिसे बाद में सुरक्षा बल के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया राजभवन संविधान दिवस संविधान दिवस पर कल राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में विधि और संविधान विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की विशेषताओं और प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की इन वक्ताओं ने भारतीय संविधान को हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बताया इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त टी पी शर्मा ने संविधान की प्रस्तावना का पठन कराया उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संविधान के प्रावधानों का पालन करने की शपथ भी दिलायी

मानव संसाधन स्कूल बैग मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्कूल बैग के वजन और पढ़ाने के तरीकों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिये हैं मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भेजा है इन निर्देशों के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में अतिरिक्त किताबें और पढ़ाई से संबंधित अन्य सामान लाने से भी मुक्त रखने के प्रयास किए जाएंगे छत्तीसगढी राजभाषा दिवस प्रदेश में कल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाएगा इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे तीन सत्रों में होने वाला यह कार्यक्रम रायप्र स्थित महंत घासीदास संग्रहालय के सभागृह में सुबह ग्यारह बजे शुरू होगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के ँ अध्यक्ष के आर पिस्दा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे पहले सत्र में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनय क्मार पाठक और पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी अपने विचार व्यक्त करेंगे दूसरे सत्र में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा यह गोष्ठी सरकारी काम काज में छत्तीसगढ़ी विषय पर केन्द्रित रहेगी वहीं तीसरे सत्र में छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश के जाने माने कवि भाग लेंगे ट्रेन रद्द अट्ठाईस नवंबर से उनतीस दिसंबर के बीच प्रत्येक बुधवार और शनिवार को बिलासपुर कटनी लोकल ट्रेन रद्द रहेगी वहीं अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार और शनिवार को अंबिकापुर से एक घंटा देर से चलेगी इसके अलावा पेंड्रा बिलासपुर लोकल और चिरमिरी अनूपपुर पैसेंजर गाड़ी भी अपने निर्धारित समय से कुछ विलंब से रवाना होगी दुर्घटना बेमेतरा में आज बस और कार के बीच भिंड़त हो गई इसके बाद बस में आग लग जाने की वजह से दो लोग घायल हो गए हैं आग को काफी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका बताया जाता है कि यह बस भाटापारा से बेमेतरा आ रही थी इस दौरान बेमेतरा थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास कार और बस की टक्कर हो गई जिससे बस में आग लग गयी स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका इस घटना में एक महिला सहित दो लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समारोह का उद्घाटन करेंगे इस ट्र्नामेंट में कुल सोलह टीमें भाग लेंगी मुकाबले कल से शुरू होकर सोलह दिसंबर तक चलेंगे भारत में यह आयोजन तीसरी बार हो रहा है उद्घाटन समारोह में शास्त्रीय नर्तक और बॉलीवुड के कलकार अपनी प्रस्तुति देंगें रेलमंडल फ्टबॉल इंटर डिविजनल फूटबॉल चैंपियनशिप आज से भिलाई के पास चरोदा में शुरू हो गई है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर ने किया इस प्रतियोगिता में रायपुर सहित बिलासपुर और नागपुर रेल मंडल की टीमें भाग ले रही हैं आज पहले दिन नागपुर और बिलासपुर के बीच मुकाबला हुआ मध्यान्तर तक बिलासपुर ने दो गोल की बढ़त ले ली थी लेकिन मध्यान्तर के बाद नागपुर की टीम ने भी दो गोल करते हुए मैच को बराबरी पर ला दिया यह प्रतियोगिता तीस नवंबर तक चलेगी मौसम प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों से अच्छी ठंड पड़ रही है हालांकि अगले चौबीस घंटों के दौरान हवा की दिशा उत्तर से बदलकर पूरब हो जाने के कारण ठंड में कमी आने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी एन एस मेहता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस समय प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में अच्छी ठंड पड़ रही है

संक्षिप्त समाचार कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में इकतालीस हाथियों का दल विचरण कर रहा है वन विभाग की टीम ने इलाके में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को जंगल की ओर जाने से मना किया है